बेंगलूरू में इसरो के मिशन कन्द्रोल केन्द्र में वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने रिमोट से कुछ मिली सेकेण्ड में यह कार्य सम्पन्न किया इसरो के वैज्ञानिकों का कहना है कि यह प्रक्रिया प्रक्षेपण अभियानों के दौरान रॉकेटों से उपग्रहों के अलग होने के लगभग समान है यह पहली बार है जब पूरी तरह से देश में निर्मित लैंडर ने चंद्रमा के वायुमंडल में प्रवेश किया है और यह स्वतंत्र रूप से इसकी परिक्रमा कर रहा है ऑर्बिटर पहले से ही चंद्रमा की कक्षा में स्थापित हो गया है

इस अभियान के पूरा होने के बाद भारत उन देशों के समूह में शामिल हो जायेगा जिन्होंने चन्द्रमा की सतह पर कदम रखा है

विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि भारतीय उच्चायोग के प्रभारी गौरव अहलूवालिया आज जाधव से मिल रहे हैं भारत ने उम्मीद जताई है कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कानूनों के अनुरूप बातचीत के लिए स्वतंत्र सार्थक और प्रभावी वातावरण सुनिश्चित कराएगा भारत कूलभूषण जाधव को राजनयिक पहुंच उपलब्ध कराने का पिछले तीन सालों से कोशिश कर रहा है इस बारे में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी अपील की थी और उसने भारत के पक्ष में एकमत से फैसला दिया था

उन्होंने कहा कि सम्मेलन के बाद दिल्ली घोषणा से इस दिशा में रणनीति बनाने में मदद मिलेगी उन्होंने इस आयोजन के दौरान जलवायु परिवर्तन के विषय पर सार्थक वार्तालाप की उम्मीद भी जताई

इसकी टीमों ने अलग अलग जिलों में नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है इन्होंने आज कोटा बूंदी बारां झालावाड़ नागौर और अजमेर में ज्यादा बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया दल के साथ राज्य के आपदा प्रबंधन अधिकारी भी हैं

इस दौरान राजस्थान र्नेत्रहीन कल्याण संघ सहित बड़ी संख्या में विभिन्न संगठनों के लोगों और जनप्रतिनिधियों ने भी मुख्यमंत्री को अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बताया विभिन्न प्रतियोगिताओं और परीक्षाओं में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त करने वाले बच्चों ने श्री गहलोत से मुलाकात की

राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए झालावाड़ जिले को राज्य में पहला स्थान प्राप्त हुआ है

कोटा और बारां दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं

जयपुर से ये रैलियाँ बीकानेर अलवर डूंगरपुर उदयपुर माउंटआबू और बाड़मेर के लिए रवाना की जाएगी इस दौरान ये गांव गांव जाकर जन जागरूकता के कई कार्यक्रम आयोजित करे गी अभियान का समापन माउंटआबू स्थित ब्रहमा कुमारी इश्वरीय विश्वविद्यालय परिसर में होगा

व्यापारी राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ की ओर से एक करोड़ रूपए वार्षिक निकासी लिमिट का विरोध किया जा रहा है और सरकार से इस निर्णय को वापस लेने की मांग की जा रही है हड़ताल के चलते किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है

बुद्धि विवेक और सौभाग्य समृद्धि के प्रतीक गणपति का दस दिन का जन्मोत्सव आज से शुरु होकर गणेश चतुर्दशी पर सम्पन्न होता है घरों और मंदिरों में पजा अर्चना तडके से ही शुरू हो गयी लोगों ने घरों में गणेश प्रतिमा की स्थापना की वहीं मंदिरों में भी गजानंदजी की मूर्ति को आकर्षक श्रंगार किया गया और विशेष सजावट की गई राजधानी जयपुर में प्रसिद्ध मोती डूंगरी गणेश मंदिर में प्रतिमा को स्वर्ण मुकूट धारण कराकर चांदी के सिंहासन पर विराजमान किया गया

इसी तरह राज्य के अन्य स्थानों पर गणेश चतुर्थी ध्रमधाम से मनाई जा रही है सवाईमाधोपुर के रणथम्मौर में चल रहे त्रिनेत्र गणेश मेले में बडी संख्या में श्रद्धाल पहुंच रहे है हमारे संवाददाता ने बताया कि गणेश जी के जन्म की झांकी भक्तों के लिए विशेष आकर्षण का केन्द्र बनी हुई है सीकर जिले के गणेश मंदिरों में सुबह से ही भजन कीर्तन के कार्यकम हो रहे हैं झालावाड़ धौलपुर सिरोही भरतपुर टोंक राजसमंद बीकानेर और नागौर में भी गणपति उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है

वहीं धौलपुर के बाड़ी रोड़ पर निभी के ताल के पास एक ट्रक और टैम्पो की टक्कर में दस लोग घायल हो गए

नागौर में आधा घंटे तक तेज बरसात के बाद अभी भी रिमझिम वर्षा का दौर जारी है

जिले के जवाहर सागर डेम के चार गेट खोले गए हैं उदयपुर की फतहसागर झील भी आज लबालब भरने के बाद छलक गयी जिसके बाद जिला प्रशासन ने उसके सभी गेट खोलने के निर्देश दिए हैं

उन्होंने बताया कि आने वाले सप्ताह में भी राज्य के ज्यादातर हिस्सों में अच्छी बर्षा के आसार हैं

यह राशि उसने अवैध अतिक्रमण पर कार्यवाही नहीं करने की एवज में मांगी थी

भरतपुर में आज राजस्थान स्टेट पावर लिफिटंग चैम्पियनशिप का समापन हुआ दो दिन चली इस प्रतियोगिता में भरतपुर ने स्टेट चैम्पियनशिप पर कब्जा जमाया जयपूर में आज राजस्थान राज्य विधि सेवा प्राधिकरण और महिला अधिकारी और कर्मचारी महासंघ की ओर से महिला सशक्तिकरण विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया बूंदी के हिंडौली में दूषित भोजन से एक ही परिवार के दो बच्चों की मौत का मामला सामने आया है और तीन की हालत गंभीर है जिनका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है जयपुर की एक फर्म के कीटनाशी रसायनों के नमूने अमानक पाए जाने पर कृषि विभाग की जांच टीम ने फर्म का लाइसेंस निलम्बित कर दिया है